मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्राम स्तर पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि पशुपालन से ग्रामीणों की आजीविका में सुधार लाया जा सकता है इस योजना का लाभ दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों को दिया जाएगा जो व्यक्ति वर्तमान में दृग्ध सहकारी समिति का सदस्य न हो लेकिन सदस्य बनने का इच्छ्क हो उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सिर से चारे का बोझा हटाने के साथ ही हरे और पौष्टिक चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उददेश्य से राज्य सरकार दवारा साइलेज एवं पश् पोषण योजना शुरू की गयी है

उतराखंड हाईकोर्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव से प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में क्वारंटीन सेंटर बनाने के आदेश के संबंध में जानकारी मांगी है स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कई ढांचागत समस्याओं को देखते हए प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों की जगह सीमावर्ती जिलों में सेंट्रलाइज्ड क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था की जा रही है हरिद्वार उधमसिंह नगर देहरादून और नैनीताल जिलों में यह व्यवस्था की जा रही है यहां उन प्रवासियों को रखा जाएगा जो रेड जोन से आ रहे हैं

हाईकोर्ट ने देहरादून नैनीताल उधम सिंह नगर और हरिद्वार के जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के सचिव को क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्थाओं का खूद निरीक्षण करने और इसकी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये हैं मुहिम चंपावत कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चंपावत जिले के य्वाओं ने जागरूकता की मिसाल पेश की है लोहाघाट विकासखंड के ग्राम पंचायत राईकोट क्वर के युवा गांव को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए हर रोज सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं गांव में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति और वाहनों को सैनेटाइज किया जा रहा है य्वाओं ने गांव को जोड़ने वाली सड़क पर बैरियर भी लगाया है यहां आने वाले सभी लोगों को रोक कर न सिर्फ सैनेटाइज किया जा रहा है बल्कि उन्हें संक्रमण के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है

आज कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से औपचारिक बातचीत में उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासियों के संस्थागत क्वारंटाइन के लिए जो व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधानों दवारा की जा रही है उसकी धनराशि दैवीय आपदा प्रबंधन मद से जिलाधिकारियों दवारा उपलब्ध कराई जायेगी उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान क्वारंटीन सेंन्टरों में व्यवस्थाओं के लिए ग्राम पंचायत निधि का भी उपयोग कर सकते हैं

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क सैनेटाइजर और सामाजिक द्री के सिदधांतों को हर हाल में अपनाना होगा

आयुक्त पद के साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री सचिव का पदभार भी दिया गया है दिहरी बैठक टिहरी के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने कहा है कि कोरोना महामारी के बीच जिले में मैनपावर को प्रशिक्षित कर उनकी तैनाती की जा रही है उन्होंने बताया कि स्रसिंग धार नर्सिंग कॉलेज को कोविड संक्रमित व्यक्तियों के लिए अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है सभी अधिकारियों को कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है इसी के तहत अपर जिलाधिकारी को मुनिकीरेती मे नोडल अधिकारी तैनात किया गया है पिरूल चैक डैम पिरूल से हो रही वनाग्नि को रोकने के लिए अल्मोड़ा वन प्रभाग दवारा पंचायती वन क्षेत्रों में पिरूल से चैक डैम बनाये गए हैं वन क्षेत्राधिकारी संचिता वर्मा ने बताया कि पिरूल से चैक डैम बनाने का उद्देश्य जल और मृदा संरक्षण करना है उन्होंने बताया कि पिरूल को बांध कर चैक डैम बनाये जाते हैं पिरूल पानी के बहाव और भू कटाव को रोकता है उन्होंने बताया कि वनाग्नि को रोकने का यह एक महत्वपूर्ण कदम है

प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है

नेहरू पुण्यतिथि देहरादून कांग्रेस कार्यालय में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्ण्य तिथि के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धास्मन अर्पित किये पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व ने पंडित नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण किया इससे पहले उन्होंने जेल परिसर पहुंचकर नेहरू वाई में लगी उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किये